कांगड़ा ज़िले में सबसे ज्यादा चार मतगणना स्थल चिन्हित किए गए हैं

इसी तरह शेष जिलों में एक एक स्थान पर ही वोटों की गिनती की जायेगी

आयोग ने मतगणना स्थलों पर तैयारियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं

सिरमौर ज़िले में आज शिलाई भाजपा युवा मोर्चा के कफोटा में हुए सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हर क्षेत्र में देश को गोरवान्वित किया है और इस गौरवमयी विकास को जारी रखने की ज़रूरत है जयराम ठाक़्र ने कहा कि भारत को मज़बूत नेतृत्व की ज़रूरत है और ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भी हिमाचल को विकास की राह पर शिखर तक पहुंचाने को प्रयासरत है युवा मोर्चा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार किशन कपूर ने आज चम्बा के भटियात क्षेत्र के गरनोटा में युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत के साथ कार्य करने का आह्वान किया इधर सोलन ज़िले के धुंदन में हुए सम्मेलन में भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर बेरोज़गारी भत्ते के नाम पर युवाओं से धोखा करने का आरोप लगाया शिमला कांग्रेस शिमला ज़िला शहरी कांग्रेस कमेटी ने चुनाव को देखते हुए राजधानी में वार्ड स्तर पर बैठकों का दौर शुरू किया है जिला अध्यक्ष अरूण शर्मा पार्टी की मजबूती के लिए विभिन्न वार्डो में लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं इसी कड़ी में शहर के कनलोग में आज हुई कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने सभी से मतमेद भुलाकर काम करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पार्टी में निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी विज्ञापन लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण चुनाव आयोग ने अनिवार्य बनाया है सोलन ज़िला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले ऐसे सभी तरह के विज्ञापनों का प्रमाणीकरण ज़िलास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व निगरानी समिति करेगी उन्होंने कहा कि सभी तरह के विज्ञापनों और पेड न्यूज़ की श्रेणी में आने वाले समाचारों के खर्च को प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा उन्होंने मीडिया से भी तथ्यों पर आधारित समाचारों को ही प्रकाशित या प्रसारित करने का आग्रह किया खेल बिलासपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की ज़िलास्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज सम्पन्न हुई

इस दौरान एथलैटिक्स वॉलीबॉल बास्किट बॉल कबड़डी और खो खो सहित अनेक स्पर्धाएं करवाई गईं इसके अलावा समूहगान लोक नृत्य और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया समापन अवसर पर उपायुक्त विवेक भाटिया ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया मार्ग मौसम खुलते ही लाहौल स्पीति ज़िले में लोक निर्माण विभाग ने बर्फबारी से अवरूद्ध हुई संपर्क सड़कों को खोलने का कार्य शुरू कर दिया है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार हालांकि कई स्थानों पर बार बार हिमखण्ड गिरने से इस कार्य में बाधा भी आ रही है

विभाग के अधिशाषी अभियंता बीसी नेगी ने बताया कि मई माह के पहले सप्ताह तक सभी मार्ग बहाल कर दिए जाएंगे

पहली उड़ान भुंतर किलाड़ चम्बा दूसरी चम्बा अजोग चम्बा और तीसरी उड़ान चम्बा किलाड़ भुंतर के बीच भरी जाएगी ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी मौसम प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से खिल रही धूप के चलते गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है